यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के आहवान पर हई बैंको की हड़ताल से बैंको से लेन देन का काम कम ठप्प रहा हड़ताल कल भी जारी रहेगी

नये लिंक में ब्किंग और ब्किंग रद्द करने के आसान नेविगेशन और सरल संक्रमण की सूविधा है

अगली पीढ़ी ई टिकटिंग प्रणाली जो रेलवे की नई ऑन लाइन बुकिंब प्रणाली है का लक्ष्य यात्रा योजना और टिकटों की खरीद को स्वचलित कर तेज़ी से सेवा प्रदानकर रहा है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब यहां केवल टेस्ट ट्रैक सविधा विकसित की जाती है जिसके बाद आईकैट मानेसर पूर्ण रूप् से ऑटो मोबाईल इंडस्ट्री के लिए बन जायेगा

केन्द्र सरकार ने ठोस कचरे एवं पशुओं के मलमृत्र से खाद तथा बायोगैस ईंधन बनाये की एक नई योजना गोबरधन लागू की है जिसका उद्देश्य गांवों में पश्पालन को बढ़ावा देना रोज़गार के मौके बढ़ाना और गांवों के मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि गोबरधन योजना के तहत गांव एक माडल के रूप में विकसित होंगे और गांवों को आर्थिक मजबूती मिलेगी योजना का मुख्य उद्देश्य गांव की स्वच्छता व गोबर से बायोगैस ऊर्जा का उत्पादन करना है विश्व में सर्वाधिक तीन सौ मिलियन पश्ओं की संख्या भारत में है जिससे प्रतिदिन तीन मिलियन मूलमूत्र व गोबर मिलता है योजना के तहत सिरसा के गांव रत्ता खेड़ा का चयन किया किया है हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने गुरुग्राम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में छापेमारी की और उसके गोदाम में रखे माल को सील कर दिया विभागीय अधिकारी के अनुसार ये कपंनी दिल्ली से हरियाणा के विभिन्न शहरों में परचून का सामान पहंचाती है और टैक्स अदा नहीं करती ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को नोटिस देते हुए एक लाख सतर हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया इससे पहले भी इसी कपंनीके नौ वाहनों की चैकिंग में नियमों की उल्लघंना पर छ लाख चौरासी हज़ार का जुर्माना वसूला गया था

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री विपुल गोयल इस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे भविष्य में अनुसूचित जाति का कोई भी छात्र फीस के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं होगा

सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता मे बताया कि वरिष्ठ नागरिक राज्य प्रस्कार के तहत आज सर्वश्रेष्ठ माता प्रस्कार के तहत आज सर्वश्रेष्ठ प्रस्कार रिवाड़ी के मनेठी गांव की विधवा श्रीमती शंकृतला देवी को शौर्य एवं बहादुरी प्रस्कार रेवाड़ी के बोडिया कमालुपर के पूर्व सैनिक बलंबत सिंह यादव को दिया गया इसी तरह आजीवन उपलब्धि प्रस्कार रिवाड़ी के कंवाली गांव के छाजू राम को तथा अम्बाला शहर के फकीर चंद ग्प्ता को दिया गया

यूनाटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आहवान पर देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंको के लगभग दस लाख कर्मचारी पे रिवाइज़ की मांग को लकर दो दिन की हड़ताल पर है जिस कारण आज बैंको में काम पूरी तरह ठप्प रहा कर्मचारी साढ़े तेईस प्रतिशत पे रवीज़न पांच दिन का कार्य दिवस रखने बैंकिंग के नाम पर इन्श्योरेंस म्यूच्अल फंड व अन्य गैर बैंकिंग कार्यो के कर्मचारियों से वापिस लेने अन्य बड़े उदयोगपतियों को बैंकिंग कार्य के घंटे सुनिश्चित करने आदि की मांग कर रहे है द्सरी ओर हड़ताल के कारण आम आदमी को भारी परेशानी हो रही है एटीमए मशीनों पर लोगों की लम्बी कतारें लगी देखी गई बैंक कर्मियों की यह हड़ताल कल वीरवार को भी जारी रहेगी पंचकला में एक एचसीएस अधिकारी दवारा एक महिला से कथित तौर पर छेडखानी के मामले मे महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई है उल्लेखनीय है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ही एक पत्रकारवार्ता में कहा था कि महिला के साथ कथित तौर पर छेड़खानी करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री ने यह मामला मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के संज्ञान में लाने और कथित दोषी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का विश्वास दिलाया था इस मामले में चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज न हाने के कारण लोगों में रोष था हरियाणा प्रदेश में जिन लड़कियों ने अच्दे अंक प्राप्त किये है उनके नाम पर सरकारी स्कूलों आंगनवाड़ी केन्द्रों व पंचायत घरों में न केवल सिर्फ पौधे लगाये जायंगे बल्कि उनके नाम की प्लेटें भी लगाई जायेगी

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के तहत गांव किकराल से पकड़ी शराब की जब लैब में जांच कराई गई वो वह नकली पाई गई पलवल के अलावल प्र गांव में किसानों ने बिजलीके अघोषित करों से परेशान हो कर पावर हाऊस के गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया किसानों का कहना था कि खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है और दो घंटे बिजली आने के बाद कई घंटे नहीं आती बाद में अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर गेट खुलवाया

भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक कर्नल रजत चौधरी ने बताया कि पंजीकरण के बाद ही भर्ती शेडयूल जारी होगा और भर्ती के अगले दिन मेडिकल होगा

पलवल में आज ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई

प्लिस के अन्सार शवों का पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेजा गया है और मामला दर्ज कर जांच की जा रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अरोड़ा समाज के संस्थापक श्री अरूट जी महाराज की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है